तेईस सितम्बर तक छह वर्च्रअल रैलियों को संबोधित करेंगे

इक्कीस सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से स्कूल खोलने की दी गयी है अनुमति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल से तेईस सितम्बर के बीच छह वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे इसके साथ ही वे भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत भी करेंगे रैली के पहले दिन प्रधानमंत्री पटना सीतामढ़ी समस्तीपुर किशनगंज मधेपुरा पूर्णियां और बेगूसराय जिलों में कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे श्री मोदी की दूसरी रैली तेरह सितम्बर को होगी इसके अलावा पन्द्रह और इक्कीस सितम्बर को भी वर्च्रअल रैली का आयोजन किया जायेगा इधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ग्यारह सितम्बर से राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे है वे पार्टी की चुनाव तैयारियों और चूनाव प्रबंधन की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे श्री नड्डा का बारह सितम्बर को मुजफ्फरपुर और दरभंगा के दौरे का भी कार्यक्रम है इधर वाम दलों ने भी चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने का फैसला किया है सीपीआई सीपीएम और भाकपा माले का घर घर जा कर लोगों से मुलाकात और छोटी बैठकों पर जोर रहेगा वहीं भाकपा माले ने वर्च्रअल प्रचार के लिए ब्रथ स्तर तक व्हाट्सएप ग्रूप भी बनाया है राजद ने कहा है कि बेरोजगारी की समस्या पार्टी का प्रमुख चुनावी मुद्दा है पार्टी ने लोगों से इसके समर्थन में आज रात नौ बजे से नौ मिनट तक घर की लाईट बंद कर दिया मोमबत्ती और लालटेन जलाने की अपील की है चुनाव आयोग ने राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठक की इस दौरान अधिकारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए रूप रेखा बनाने और शस्त्र लाईसेंस की जांच में तेजी लाने को कहा गया है बैठक में चूनाव को लेकर राजनीतिक दलों के विज्ञापनों की निगरानी और पेड न्यूज के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये निर्वाचन आयोग ने कोविड उन्नीस महामारी से बचाव के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कई प्रक्रियागत बदलाव किये हैं निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन के समय दो व्यक्ति ही अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे घर घर जा कर चुनाव प्रचार करने के दौरान पांच व्यक्ति की अनुमति होगी जबकि रोड शो में पांच वाहनों के प्रयोग की अनुमति होगी रैली या सभा में एक स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहेगा जिसे मास्क सेनेटाईजर और थर्मल स्कैनर आयोजनकर्ता उपलब्ध करायेंगे बिहार विधानसभा चूनाव में मतदान केन्द्र पर महिला कर्मियों की भी ड़यूटी लगायी जायेगी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गोपाल मीणा ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारियों को मतदान कर्मी दल में महिला कर्मियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया है श्री मीणा ने कहा कि महिला कर्मियों को उनके गृह मतदान केन्द्र को छोड़कर अन्य स्थान पर तैनात किया जायेगा राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर नवासी प्रतिशत हो गयी है यह राष्ट्रीय औसत से बारह प्रतिशत अधिक है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार नौ सौ चौवालीस रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख चौंतीस हजार नवासी हो गयी है वहीं कल चार लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर सात सौ पैंसठ हो गया है इधर संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख पचास हजार छह सौ चौरानवे हो गयी है कल सबसे अधिक दो सौ आठ मामले पटना जिले में मिले हैं दूसरी तरफ पूर्णिया से एक सौ उनतीस अररिया से एक सौ बीस भागलपुर से छियानवे पूर्वी चंपारण से अड़सठ और मुजफ्फरपुर से पैंसठ मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या सत्रह हजार सात सौ सतासी हो गयी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षा नौ से बारहवीं तक के स्कूल इक्कीस सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक उपाय जारी कर दिए हैं इन निर्देशों के तहत छात्रों के बीच कॉपी पेन पेंसिल पानी की बोतलों आदि का आदान प्रदान करने की मनाही रहेगी सभाओं और खेलों के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा साथ ही कोविड के लक्षणों वाले व्यक्तियों की स्कूल में आने पर मनाही होगी छात्रों को स्कूल आने के लिए माता पिता की लिखित अनुमति भी जरूरी होगी और इसके लिए शिक्षक छात्रों के बीच समय समय पर संवाद किया जाएगा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में बैठने का इंतजाम इस तरह से होगा कि हर कुर्सी के बीच कम से कम छह फुट की दूरी हो शिक्षकों और छात्रों को मॉस्क भी पहनने होंगे स्कूल परिसर के अंदर के कैफेटेरिया या मेस बंद रहेंगे दिशा निर्देशों में कहा गया है कि शिक्षक छात्र संवाद के लिए खुले मैदानों का इस्तेमाल किया जाएगा शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी आधी संख्या में बुलाए जाएंगे ताकि ऑनलाइन शिक्षण या टेली काउसिलिंग और इससे संबंधित कार्य हो सकें जहां भी संभव होगा आरोग्य सेतु एप लगाए जाएंगे और इस्तेमाल किए जाएंगे गाईड लाईन के अनुसार जिन स्कूलों का क्वेरंटाइन सेंटरों के रूप में इस्तेमाल किया गया है उन्हें अच्छी तरह से सेनेटाइज किया जाएगा दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये लोगों से सही तरीके से मास्क पहनने की अपील की है बाईट ये मास्क नाक और मुंह दोनों को ढ़के रखना अति आवश्यक है अगर हम कई दफा ये देखते है कि मास्क आधा अध्रा रह जाता है या तो मास्क से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोड़ी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क ये गलत तरीका है और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें अगर वो कपड़े का है तो उसे धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करें और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण को लेकर चौथी बार राज्य सरकार के जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जतायी है मुख्य न्यायाधीश संजय कोरोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार के रवैये पर खेद जताया और कहा कि कोरोना मरीजों की स्थिति भयावह है न्यायालय ने अपने एक कर्मचारी के कोरोना पॉजीटीव होने के बाद इलाज में लापरवाही का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में कोरोना के इलाज की स्थिति ठीक नहीं है न्यायालय ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रति दस लाख आबादी पर कोविड उन्नीस मामलों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में सबसे कम रोगियों वाले देशों में शामिल है विश्व का औसत तीन हजार पांच सौ सत्ताईस है जबकि भारत में प्रति दस लाख जनसंख्या पर कोविड मामलों की संख्या तीन हजार एक सौ दो है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि भारत प्रति दस लाख आबादी पर कोरोना से सबसे कम मौत वाला देश है और इसीलिए यहां महामारी से मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आ रही है कोरोना संक्रमण को देखते हुये इस वर्ष अठारह सितम्बर से सोलह अक्टूबर तक नालंदा जिले के राजगीर में लगने वाला मलमास मेला स्थगित कर दिया गया है राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि मेला के आयोजन के दौरान भीड़ के कारण सामाजिक दूरी बनाये रखना सम्भव नहीं था इसलिये इसे स्थगित करने का निर्णय किया गया है प्रदेश में एक सितंबर से लागू अनलॉक चार के दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करने के कारण पिछले चौबीस घंटे में चार सौ तिहत्तर वाहन जब्त किये गये है जब्त वाहनों से लगभग साढ़े चौदह लाख रूपये की राशि जुर्माने के रुप में वसूली गयी है पिछले चौबीस घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले पांच हजार सात सौ अठारह व्यक्तियों से दो लाख पचासी हजार नौ सौ रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी आज से शुरू हो गयी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित यह परीक्षा इक्कीस सितम्बर तक चलेगी राज्य के बारह जिलों के साठ केन्द्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने से इंकार कर दिया है न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में पिछले दिनों आतंकी हमले में शहीद केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बल के जवानों के निकटतम आश्रित को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी एक अन्य फैसले में सैप जवानों को सेवा विस्तार देने का फैसला किया गया है अब सेना से अवकाश प्राप्त ये जवान दो हजार इक्कीस तक कार्यरत रहेंगे इसके तहत पांच हजार सैप जवानों को लाभ मिलेगा कैबिनेट ने राज्य के बालू घाटों की बंदोबस्ती की अवधि का विस्तार इकतीस दिसम्बर तक कर दिया है बंदोबस्ती की अवधि अगले महीने समाप्त हो रही थी राज्य में उद्योग लगाने के लिए बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण बियाडा की जमीन पचास प्रतिशत कम मूल्य पर उपलब्ध कराने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है उद्योग लगाने के लिए अति पिछड़ा वर्ग को विशेष छूट दी जायेगी भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण एएआई ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे से दिल्ली मुम्बई और बेंगलुरू के लिए जल्द यात्री विमान सेवाएं शुरू होंगी दरभंगा एयर पोर्ट का विकास केन्द्र सरकार की उड़ान योजना के तहत किया जा रहा है एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने कहा है कि बानवे करोड़ रूपये की लागत से एयर पोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है इसके अलावा कार पार्किंग एप्रोन और एयर पोर्ट तक आने जाने के लिए सड़क बनायी जा रही है प्राधिकरण ने कहा है कि एयरपोर्ट का रन वे नौ हजार फुट लम्बा होगा बोईंग सात सौ सैंतीस और बोईंग आठ सौ विमान यहां उतर सकेंगे गौरतलब है कि नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने निजी विमानन कम्पनी स्पाईस जेट को विमान सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी है राज्य में पोषण माह के दौरान स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे ऑनलाईन प्रश्नोत्तरी चित्रांकन और स्लोगन प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली बच्चों को पोषक आहार के प्रति जागरूक किया जायेगा मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान उत्तर बिहार दक्षिण बिहार और पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है सबसे अधिक एक सौ दस मिलीमीटर बारिश किशनगंज जिले के गलगलिया में दर्ज की गयी है राज्य की पांच प्रमुख नदियों बागमती कमला बलान ब्रूढ़ी गंडक और कोसी नदी का जलस्तर एक बार फिर लाल निशान से ऊपर पहुंच गया है जबकि गंगा हाथीदह में लाल निशान से तीन सेंटीमीटर और कहलगांव में सात सेंटीमीटर ऊपर बह रही है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती नदी का जलस्तर ड्ब्बाधार चंदौली और कटौंझा में बढ़ रहा है इसी नदी का जलस्तर ढेंग सोनाखान और कटौंझा में खतरे के निशान से क्रमशः बीस सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर और तीन सेंटीमीटर ऊपर है अन्य स्थानों पर नदी का जलस्तर घट रहा है या स्थिर है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सूर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने भारत चीन सीमा विवाद पर सुर्खी दी है रेजांग ला में भारत चीन सेना आमने सामने दैनिक जागरण ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले पर लिखा है रिया गिरफ्तार चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है राजधानी में खुल गये मॉल मंदिर आज से छह घंटे जू और नौ घंटे ईको पार्क सहित अन्य पार्कों में विजिटर्स कर सकेंगे सैर प्रभात खबर की सुर्खी है राजगीर में इस साल नहीं लगेगा मलमास मेला आज अखबार ने कैबिनेट के एक निर्णय पर शीर्षक दिया है बिहार में बालू घाटों की बंदोबस्ती अवधि दिसम्बर तक बढ़ी राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हवाले से लिखा है भारतीय मीडिया को ग्लोबल होने की जरूरत

तेईस सितम्बर तक छह वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे

इक्कीस सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से स्कूल खोलने की दी गयी है अनुमति